प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में कारोबार को आसान बनाने के लिए कई उपाय किये है उत्तराखंड के देहरादून में आज पहले निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश बड़े बदलाव के दौर से गूजर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार ने कर व्यवस्था में सुधार किया है ताकि वह अधिक आसान और पारदर्शी बन सके

जी एस टी के तौर पर भारत ने स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफोम किया है जी एस टी ने देश को सिंगल मार्केट में बदल दिया है और टैक्स वेल्थ बढ़ाने में भी बहुत बड़ी मदद की है हमारा इंफ्रास्टक्चर सेक्टर भी रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि दीवाला और शोधन अक्षमता संहिता के कारण अब कारोबार करना अधिक आसान हो गया है और बैंकिंग प्रणाली भी मजबूत हुई है उन्होंने कहा कि सरकार की सकारात्मक नीतियों से देश का राजकोषीय घाटा कम हुआ है श्री मोदी ने कहा कि सरकार चार सौ रेलवे स्टेशनों के आध्रनिकीकरण और सौ नये हवाई अड्डे तथा हेलीपैड बनाने की दिशा में अग्रसर है प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश के अवसर काफी बढ़े हैं बाईट प्रधानमंत्री कुल मिलाकर देखें तो आज ये कहा जा सकता है कि चौतरफा परिवर्तन के इस दौर में देश विदेश के निवेशकों के लिए भारत में सर्वोत्तम माहौल बना हुआ है अभी हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना की वजह से भी मेडिकल सेक्टर में निवेश की बहुत बड़ी संभावना बढ़ी है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार तीस तक हमारी चालीस प्रतिशत ऊर्जा गैर जीवाष्मीय ईंधन से प्राप्त होगी और वर्ष दो हजार बाईस तक एक सौ पचहत्तर गीगावॉट हरित ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि एनडीए सरकार में अति पिछड़ो के विकास के लिये अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं जिसका लाभ लेकर अति पिछड़ा वर्ग भी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहा है मधुबनी जिले के झंझारपुर में आयोजित पार्टी के अति पिछड़ा समागम को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार मे अति पिछड़ों को पहचान मिली है उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन से लोगों का भला नहीं होने वाला है श्री यादव ने कहा कि लोहिया परिवारवाद के विरोधी थे लेकिन उनके अनुयाई परिवारवाद में लगे हुए हैं उन्होंने कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है लेकिन विपक्षी पार्टीयां लोगों में फूट डालकर सत्ता हासिल करना चाहती हैं इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि राजद कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जहां अतिपिछड़ों को पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं दिया वहीं विगत विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ही सर्वाधिक पच्चीस टिकट अतिपिछड़ा वर्ग को दिया उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एनडीए की सरकार ने ही दो हजार सात आठ में अति पिछड़ों के विकास के लिए पहली बार बयालीस करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान कर स्वतंत्र विभाग बनाया था वहीं दो हजार अठारह उन्नीस में इसमें अड़तीस गुना वृद्वि कर सोलह सौ बीस करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं इस अवसर पर समागम में मंत्री मंगल पांडेय विनोद नारायण झा प्रेम कुमार और सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्ययोजनाओं को लागू किया है श्री कुमार ने कहा कि सरकार की पहल से महिलाओं को अब समाज में उचित सम्मान और स्थान प्राप्त हो रहा है मुख्यमंत्री आज पटना में जदयू की महिला शाखा के सामाजिक चेतना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने देश में पहली बार महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकायों में पचास प्रतिशत का आरक्षण दिया है उन्होंने कहा कि पंचायतों और नगर निकायों के तीन बार हुए चुनाव के बाद अब महिलाएं भी घरों से निकलकर लोगों की समस्याओं को हल कर रही हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि जब तक दलित और अति पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाता है तब तक एक स्वस्थ्य समाज का निर्माण संभव नहीं है श्री क्शवाहा ने आज सासाराम मे पार्टी के दलित अतिपिछड़ा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वंचित समाज को अधिकार दिलाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सी पी ठाकुर ने सवर्णों को आरक्षण दिये जाने के पक्ष में आज गया के गांधी मैदान में धरना दिया इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि अगर सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया गया तो यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश की सभी जेलों में आज एक साथ छापेमारी की गयी कारा प्रशासन के अनुसार त्योहारों और पांच राज्यों में चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद सर्तकता को देखते हुए यह छापेमारी की गयी विभिन्न केन्द्रीय कारा के साथ अन्य जिलों में स्थित मंडल कारा में जिला पदाधिकारी और प्रलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हुई अचानक छापेमारी से कैदियों में अफरातफरी मच गयी छापेमारी के दौरान मोबाइल चार्जर और नशे के सामान समेत कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गयी हैं स्वच्छ भारत मिशन से बक्सर जिले की तस्वीर बदलने लगी है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के कारण जिला पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो गया है अभियान के जिला सलाहकार अनिल प्रसाद ने बताया कि साउंड बाईट अनिल प्रसाद गांधी जयंती के मौके पर बक्सर जिले को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है जिसके तहत सरकार के निर्घारित लक्ष्य दो लाख वानये हजार पांच विरूद्व सभी घरों को शौचालय से आच्छादित किया जा चुका है लोगों के बीच शौचालय के उपयोग और उसके जरूरतों को लेकर अभी भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें ग्रामीणों के व्यवहार परिवर्तन किया जा रहा हैं इस अभियान की सफलता में जनप्रतिनिधियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है

बक्सर जिले में स्वच्छ भारत मिशन का असर दिखने लगा है

आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर राज्य के पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी ने कहा है कि मुंगेर से बरामद एके फोर्टी सेवेन रायफलों की फॉरेंसिक जांच करायी जाएगी श्री द्विवेदी ने कहा कि पुलिस अन्य स्थानों पर हथियारों की तलाश कर रही है उन्होंने कहा कि अब तक इस मामले में बारह लोगों को गिरफ्तार किया जा चूका है शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव पेश होंगे कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि मौजूदा तंत्र शेल्टर होम में यौन उत्पीड़न की समस्या से निपटने में सक्षम नहीं है बेगूसराय जिले के बलिया थाना की पुलिस ने मकसूदनपुर दियारा में छापेमारी कर एक ट्रक विदेशी शराब बरामद की है शराब की कीमत लगभग तीस लाख रुपये बताई गयी है वहीं कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र के डहेरिया और फसिया में स्थानीय पुलिस ने छापेमारी कर चालीस लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है इधर शेखपुरा जिले के चेवाडा थाना के बेल्दरिया और सिरारी ओपी के बरमा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर चार लीटर देशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन से राजस्थान के उदयपुर स्टेशन तक के लिए हमसफर एक्सप्रेस का साप्ताहिक परिचालन शुरू हो गया है केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने आज पाटलिपुत्र स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया